मीडिया में आई यौन हिंसा की खबरों का संज्ञान लेते हए अधिकार समिति ने समी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से छह सप्ताह के भीतर निर्भया कोष की जानकारी मांगी है आयोग ने इस कोष की उपलब्यता और पिछले तीन सालों के दौरान खर्च किये गये धन का विवरण भी मांगा है मानवाधिकार आयोग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से केंद्र सरकार की योजनाओं और उसके क्रियान्वयन के बारे में भी जानकारी मांगी है

इससे सरहिन्द फीडर की मरम्मत के काम को मजबूती मिलेगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जीर्णोद्वार के लिए राज्य सरकार ने पंजाब सरकार और केन्द्र सरकार के साथ एमओयू किया है इससे राजस्थान फीडर और सरहिन्द फीडर की मूल प्रवाह क्षमता को दोबारा स्थापित कर सीपेज के कारण व्यर्थ बहने वाले नहरी पानी को रोका जा सकेगा सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना लागू करने को भी मंजूरी दे दी है

हालांकि सभी जगह अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को होने वाली परेशानी को देखते हुए अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं उधर आज सुबह जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा और रेजीडेन्ट डॉक्टरों के बीच वार्ता हुई चिकित्सा मंत्री ने बताया कि वार्ता सकारात्मक रही है

इस दिवस का उद्देश्य समाज के सभी वर्गो के निःशक्त लोगों के अधिकारों और उनकी सेहत के मामलों को बढ़ावा देना और उनके विकास के लिए जागरूकता बढ़ाना भी है

जालोर में इस मौके पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से दिव्यांग बच्चों के लिए दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है